सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस अनुरोध पर विचार कर रही है वीडियो कांफ्रेंस के जरिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लॉकडाउन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में श्री मोदी ने कहा कि लोगों की स्रक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सरकार जान है तो जहान है के मंत्र के साथ काम कर रही थी लेकिन अब जान भी और जहान भी के साथ आगे बढ़ेगी उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक मजबूत रहेगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन बचाने पर जोर देना चाहिए और इसके लिए लॉकडाउन तथा परस्पर स्रक्षित दूरी बहत महत्वपूर्ण है ज्यादातर लोग इसे समझते हैं और अपने आप को घरों में बंद करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमें सभी को यह मंत्र मानना है और प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा का प्रयास करना है

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस को काब् करने के लिए महत्वपूर्ण हैं इसके लिए संयुक्त रूप से काम करना होगा श्री मोदी ने कहा कि भारत में आवश्यक दवाई की पर्याप्त आपूर्ति है और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता स्निश्चित की जा रही है उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी डॉक्टरों और चिकित्सकर्मियों पर हमले और पूर्वोत्तर तथा कश्मीर के छात्रों के साथ ब्रे बर्ताव की कड़ी आलोचना करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर काब् करने तथा परस्पर द्ररी बनाये रखने पर जोर दिया आर्थिक च्नौतियों का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और देश को आर्थिक शक्ति बनाने का एक मौका है बैठक में म्ख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में अवगत कराया और महामारी को काबू करने के उपाय स्वास्थ्य के ब्नियादी ढांचे में स्धार प्रवासी मजदूरों की मदद और आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति बनाये रखने के कदमों की जानकारी दी

असम सीमा से लगे राज्य के इस गांव के लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हए खेती और दैनिक काम काज निपटा रहे है

डॉक्टर राघवन ने सार्वजनिक स्थानों पर मुंह और नाक को ढकने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि लोगो को मास्क का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए मास्क की कमी न हो श्री राघवन ने कहा कि लोगो को घर पर बने फिर से इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क का उपयोग करना चाहिए इधर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थित वस्त उत्पादन इकाई में राज्य की जरुरतो को पूरा करने के लिए मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा किट का निर्माण किया जा रहा है